अब समाचार विस्तार से सरकार टीकाकरण केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाये जाएंगे

टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार किये हैं टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केन्द्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा

पंजीकरण के बाद ही उन्हें टीकाकरण के समय और स्थान की जानकारी भेजी जाएगी

भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक स्तर पर बाधाओं के बावजूद भारत और रूस के बीच मैत्री भरोसेमंद सुदृढ़ और सामंजस्यपूर्ण बनी रही है श्री निकोले ने कहा कि भारत यूरेशिया आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौत और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में बातचीत जारी है

कल प्रगति पोर्टल पर प्रदेश में लागू की जा रही परियोजनाओं की समीक्षा के काम को कल फिर से शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बड़ी परियोजनाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में प्रगतिरत बड़ी परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाए

केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है इस महोत्सव का दीर्घकालिक उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है

यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय दिवस के सिलसिले में निर्धारित पांच सम्मेलनों में से एक होगा इसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित भारतीय मूल के लोग हिस्सा लेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता विदेशमंत्री एस जयशंकर करेंगे और इसका आयोजन परिचर्चा के रूप में किया जाएगा

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

जन आंदोलन झाब्रआ जिले के पदमश्री सम्मान से सम्मानित महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

कल छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती है उन्हों ने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे मौसम प्रदेश में इन दिनों तेज सर्दी पड़ रही है रीवा उमरिया जबलपुर जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है शहडोल देवास और होशंगाबाद जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है वरिष्ठ मौसम केन्द्र ने बताया कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रवात के रूप में है उसके प्रभाव से हवा का रुख उत्तर पूर्वी हो रहा है इससे ऊंचाई पर बादल आने का सिलसिला शुरू हो गया है इससे दिन के तापमान पर विशेष असर नहीं हो रहा है लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी इससे ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है हालांकि पश्चिमी विक्षोम के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान में फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों में जबलपुरमंडला सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में कहीं कहीं शीत लहर चलने की संभावना जताई है

इसका कारण यह है कि प्रदेश में तेंदुओं की संख्या देशभर में सर्वाधिक हो गई है

रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत में एक चौथाई से अधिक तेंदुए प्रदेश में हैं

वन मंत्री कूँवर विजय शाह ने देश मर में तेंदुओं की संख्या में प्रदेश को पहला स्थान हासिल करने पर प्रदेशवासियों और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है मंत्री श्री शाह ने कहा कि जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है

इस अवसर पर श्री मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे

इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार आठ लोगों में से पांच की मौके पर मृत्यु हो गई